वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कल मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ये चुनौती सभी राज्यों के लिए एक जैसी है इसलिए इससे एकजुट होकर निपटना आवश्यक है प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी परामर्शों पर अमल किया जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला उपायुक्तों को प्रधानमन्त्री के आहवान पर जनता कर्फ्यू को सफल बनाना सुनिश्चित करने को कहा उन्होंने कहा कि लोगों को इस दिन घरों के अन्दर रहने के लिए प्रेरित किया जाए

इस बीच कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे विभाग ने शिमला कालका के बीच अपनी सेवाएं आगामी आदेशों तक रद्द कर दी हैं कोरोना मामले कांगड़ा जिला के टांडा मैडिकल कॉलेज में प्रारंभिक जांच में कोरोना वायरस संकमण के दो मामले पाए गए हैं अंतिम रिपोर्ट के लिए जांच एनआईवी पुणे भेजी गई है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का प्रदेशवासियों ने नाम संदेश आज रात आठ बजे आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा वे कोरोना वायरस को लेकर उठाए जा रहे एहतियाति उपायों व लोगों को सजग रहने संबंधी जानकारी देंगे उपायुक्त शिमला जिला में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता है और जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वालों के प्रति कार्रवाई की जाएगी उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि आने वाले समय में खाद्य वस्तुओं के साथ दूध घी पनीर और ब्रैड जैसी अन्य चीजों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी

अमर उजाला व पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है हिमाचल में पहली बार कोरोना वायरस के दो पॉजिटिव मामले दोनों कांगड़ा के दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कांगड़ा में कोरोना के दो मरीज पहली रिपोर्ट में पाया गया वायरस दैनिक जागरण लिखता है प्रथम चरण में पाए गए पॉजिटिव पुष्टि के लिए पुणे भेजे सैंपल दैनिक भास्कर का शीर्षक है दोनों के घरवालों को भी आइसोलेट किया जो लोग संपर्क में आए उनकी जांच जारी हिमाचल दस्तक का कहना है हिमाचल पहुंचा जानलेवा वायरस वजह लापरवाही आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में भी दो मामले पॉजिटिव अब एनआईवी पुणे से होगी अंतिम पुष्टि सैंपल भेजे कोरोना वायरस से बचाव को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर अमर उजाला ने लिखा है सीमाएं सील बॉर्डर से लौटाए हजारों वाहन जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है जमाखोरी मुनाफाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई

हिमाचल दस्तक लिखता है आज रात से पहिए जाम शादियों की धाम पर रोक दैनिक सवेरा टाईम्स के शब्द हैं हिमाचल के अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर रोक इसी समाचार पत्र के अनुसार कोरोना वायरस संकमण से निपटने को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक